झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोरोना जांच में तेजी लाने के साथ जल्द रिपोर्ट देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार समुचित संसाधनों की व्यवस्था करे

महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस सिलसिले में पूरे राज्य में तीन दिनों तक विशेष जांच अभियान चलाया गया था अदालत ने सरकार को चार सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ अठहत्तर नए पॉजिटिव मामले आने के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सोलह हजार पांच सौ ब्यालीस हो गई है इसमें आठ हजार आठ सौ पचासी सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सात हजार पांच सौ तीन और मृतकों की संख्या एक सौ चौवन है वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पैंतालीस दशमलव चार चार प्रतिशत और मौत की दर शून्य दशमलव नौ एक प्रतिशत है इधर कल नौ संक्रमितों की मौत की पृष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है राहत की बात है कि इस दौरान उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके आठ सौ इक्कीस लोगों को कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची से एक सौ साठ गिरिडीह से एक सौ नौ दुमका से उनसठ और पूर्वी सिंहभूम से छप्पन संक्रमित मिले हैं तो हजारीबाग से दो और पूर्वी सिंहमूम धनबाद रामगढ़ एवं पलामू से एक एक कोरोना मरीज की मौत की खबर है वहीं रांची से सबसे ज्यादा तीन सौ उनहतर एवं लातेहार से एक सौ बारह मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में प्लाज्मा दान के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा रांची जिले से इसकी शुरूआत की जा रही है जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अधिकारियों से कहा कि रिम्स और सदर अस्पताल में प्लाज्मा दान शिविर लगाने की दिशा में पहल शुरू करें उन्होंने सभी अस्पतालों का डेटा बेस भी तैयार करने का निर्देश दिया उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों की काउंसलिंग की जाएगी ताकि वे प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ आएं गौरतलब है कि झारखंड में पहले प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली की श्रुआत रिम्स में की गई है इसके तहत कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल अन्य संक्रमितों के इलाज में किया जाएगा केंद्र सरकार ने राज्यों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया है कि आक्सीजन की सुविधा से यूक्त एम्बूलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए श्री भूषण ने कहा है कि हमारा बूनियादी लक्ष्य महामारी की रोकथाम खास तौर पर नये इलाकों में इसके फैलाव को रोकना और हर कीमत पर लोगों की जान बचाना होना चाहिए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 दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में दो पायलट सहित अठारह लोग मारे गए हैं और घायल यात्रियों को मल्लोपुरम और कोझिकोड के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है विमान में दो पायलट और चालक दल के पांच सदस्य सहित एक सौ इक्यानवे लोग सवार थे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से पैंतीस फट नीचे गिर गया और टकडों में टट गया माना जा रहा है कि भारी वर्षा दुर्घटना का एक कारण हो सकती है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों के दो दल कोझिकोड भेजे गए हैं

राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए साइकिल वितरण योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच कराने का निर्णय लिया है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जांच समिति बनाने का निर्देश दिया है यह समिति सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनसूचित जनजाति अनुसचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के घर घर जाकर साइकिल खरीदारी का मौतिक सत्यापन करेगी विभाग को यह शिकायत मिली थी कि साइकिल खरीदने के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई गई थी लेकिन कई विद्यार्थियों ने इसका इस्तेमाल साइकिल खरीदने में नहीं किया है रांची जिले में जमीन का दाखिल खारिज बिना किसी जायज वजह से लंबित रखने वाले अंचल पदाधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी अंचल अधिकारियों को बारह अगस्त तक दाखिल खारिज के लंबित मामलों का निपटारा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अंचल से रिपोर्ट गलत आती है तो संबंधित पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में पिछले तीन महीने से मानदेय का भुगतान लंबित रहने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं इसके कारण सफाई का काम प्रमावित हो रहा है नगर आयक्त माधवी मिश्रा ने कर्मियों से अपील की है कि कोरोना काल को देखते हुए सफाई कार्य में सहयोग करें झारखंड के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत कम से कम पच्चीस योजनाएं संचालित की जाएगी मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों से कहा कि हर गांव में मनरेगा की योजनाएं और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना सूनिश्चित करें मनरेगा आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना और जल समद्धि योजना के तहत शुरू की गई योजनाओं को समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगे पौधे का सामाजिक अंकेक्षण मी कराया जाएगा पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायतों के सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को गांवों के समग्र विकास की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर कार्य करने की पहल करनी चाहिए ताकि देश का प्रत्येक गांव समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ सके नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में श्री तोमर ने पूरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हए कहा कि अन्य पंचायतों को भी पुरस्कार विजेता पंचायतों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वे अगले साल पुरस्कार जीत सकें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करके देश को नयी दिशा दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उदघाटन करेंगे यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा

इस केन्द्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्म हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है नौ अगस्त को वि व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य में अब हर साल सार्वजनिक अवका ा रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल रोज्य है इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में सरकार ने कई और कदम उठाए हैं गौरतलब है कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से वि व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवका ा घोषित करने की मांग की थी केंद्र सरकार के इंस्पायर अवार्ड योजना में शामिल होने होने के लिए तीस सितंबर तक इच्छूक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके तहत छठी कक्षा से दसवीं तक के विद्यार्थियों को नए और इनोवेटिव आइडियाज को ऑनलाइन बताना है उधर देश को चुनिंदा पंद्रह संस्थानों में एमबीए एवं पीजीडीएम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एवं वेंचर डेवलपमेंट कोर्स के लिए पांच सिंतबर को आयोजित होनेवाली प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी अठाइस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इघर झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा के लिए इकतीस अगस्त तक आवेदन भरे जा सकेंगे और अब संक्षिप्त खबरें चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र से दो मोबाईल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि सौ लोगों को होम क्वारेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था इनमें छत्तीस लोग घर पर नहीं मिले

इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आव यक जानकारी देने को कहा गया है